सर्वाधिक तापमान खरगोन में

राजनीतिक दल लोकसभा की शेष सीटों के लिये उम्मीद्वारों के नामों की घोषणा करने में लगे हुए हैं पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को ग्वालियर की बजाय मुरैना से टिकट दिया गया है वहीं राकेश सिंह जबलपुर और जनार्दन मिश्रा रीवा से उम्मीदवार बनाए गए हैं पार्टी ने टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक दमोह से प्रहलाद पटेल होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह सतना से गणेश सिंह सीधी से रीति पाठक पर फिर भरोसा जताया है वहीं भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद का टिकट काटकर संध्या राय को उम्मीदवार बनाया है पिछले दिनों कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुईं हिमाद्री सिंह को शहडोल से प्रत्याशी बनाया गया है वहीं मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में होंगे इस सूची में खंडवा से नंदकुमार सिंह चौहान और मंदसौर से सुधीर गुप्ता को टिकट दिया गया है वहीं उज्जैन से मौजूदा सांसद चिंतामणि मालवीय की जगह अनिल फिरोजिया पर भरोसा जताया है बैतूल से दुर्गेश उइके उम्मीदवार होंगे कांग्रेस सूची कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए दस और उम्मीदवारों की सूची जारी की है इसमें तीन उम्मीदवार बिहार से चार महाराष्ट्र से और एक एक उम्मीदवार तमिलनाडु कर्नाटक और जम्मू कश्मीर से शामिल किया गया है इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी की थी

पार्टी ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से उम्मीदवार बनाया है वहीं टीकमगढ़ से किरण अहिरवार खजुराहो से कविता सिंह शहडोल से प्रमिला सिंह बालाघाट से माधोभगत होशंगाबाद से शैलेंद्र दीवान मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन रतलाम से कांतिलाल भूरिया और बैतूल से रामू टेकाम को प्रत्याशी घोषित किया है

आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है

चुनाव प्रचार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सामने भोपाल सीट पर भाजपा के प्रत्याशी का नाम पार्टी तय करेगी उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने कोई चुनौति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वीरेन्द्र कुमार खटीक नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित पार्टी के दिग्गज नेता लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता जनसभाएं आयोजित करेंगे डाक मत पत्र निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अमले को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं चुनाव ड्यूटी पर तैनात वे सभी लोग जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी

राजधानी भोपाल के पुराने और नये शहर से चल समारोह निकाले जायेंगे आगरमालवा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगरपालिका परिषद द्वारा एक रंगारंग गैर निकाली जायेगी इसमें एयर कम्प्रेसर से खुशबु वाली गुलाल उड़ाई जायेगी वहीं आदिवासियों की मंडली द्वारा भगौरिया नृत्य डीजे व ढोल भी शामिल होंगे इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं सुविधा पोर्टल लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने रैली निकालने हेलीपैड के लिये अनुमति के लिये अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिये अब आयोग द्वारा बनाये गये सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति ले सकते हैं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने आज भोपाल में बताया कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों के लिये पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे पहले अनुमति दी जायेगी

मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव के मददेनजर प्रदेश में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिये जागरूकता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं होशंगाबाद जिले में तहसील कार्यालय पिपरिया से महिला बाल विकास विभाग और आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली रैली में बच्चों ने रंगोली बनाकर शतप्रतिशत मतदान करने का संदेश दिया उधर सिवनी मालवा के आदिवासी बहुल्य गांव में स्वीप गतिविधियां चलाकर अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित किया जा रहा है शिवपुरी जिले में पिछौर तहसील के गांव बदरवास में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान का प्रशिक्षण दिया गया साथ ही नये युवा मतदाताओं को इपिक कार्ड वितरित किये गये और उन्हें मताधिकार के संबंध में जानकारी दी गई क्षय दिवस विश्व तपेदिकरोधी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीबी मुक्त भारत के निर्माण के लिये सभी से मिलकर काम करने का आहवान किया है

प्रदेश में भी इस मौके पर अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया सीहोर में इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया शिविर में जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की इस शिविर में क्षय रोग के लक्षण बचाव जांच उपचार निदान संबंधी मार्गदर्शन दिया गया बैतूल जिले में जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया मौसम प्रदेश में गर्मी का दौर शुरू हो गया है अधिकांश स्थानों पर दिन में गरमी तेज पड़ रही है राजधानी भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में तापमान में वृद्धि होने से गरमी के तेवर तीखे होने लगे हैं रीवा शहडोल सागर और उज्जैन संभाग के जिलों में तापमान सामान्य रहा

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और अधिक वृद्धि होने की आशंका जताई है

पन्ना जिले में आज से तीन दिवसीय मोगली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है